जनजातीय जिला किन्नौर में आज भी हिमपात का कम जारी है और जिले के अधिकतर स्थानों में तीन फुट तक बर्फबारी हो चुकी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में बीती रात से विद्युत आपूर्ति ठप्प है और राष्ट्रीय उच्च मार्गो के साथ साथ अन्य संपर्क मार्ग भी अवरूद्व हो गए हैं जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कुल्लू जिले की उंची चोटियों सहित मनाली में भी रात भर रूक रूक कर बर्फबारी होती रही हमारे कुल्लू प्रतिनिधि ने बताया है कि कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग कलाथ से आगे यातायात के लिए अवरूद्व हो गया है इधर राजधानी शिमला में कल हुई व्यापक बर्फबारी के कारण शिमला से आगे हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क और शिमला से रोहड्र व चौपाल के लिए यातायात अभी भी बंद है शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि शहर की सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्वस्तर पर जारी है

निगरानी प्रकोष्ठ निर्वाचन विभाग के शिमला रिथित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में चुनाव आयोग से समन्वय और चुनावी व्यय पर निगरानी के लिए व्यय निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने कल शिमला में कहा कि प्रकोष्ठ प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में व्यय से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों का अनुश्रवण और ज़िला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य प्रदर्शन एंजैसियों के साथ समन्वय करेगा डीपीआर सूचना व जनसम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा है कि विभाग राज्य सरकार व जनता के बीच तालमेल की महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि विभाग एक ओर जहां योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है वहीं लोगों के फीड बैक से सरकार को भी अवगत करवाता है शिमला में कल एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सभी स्तरों पर प्राप्त फीड बैक को सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रणाली में सुधार किया जा सके अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश में भारी बर्फबारी से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है आधे हिमाचल में व्हाइट कफर्यू छह जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है दुनिया से कटा शिमला आधे प्रदेश में बिछी सफेद चादर

हिमाचल दस्तक का कहना है बर्फबारी से पहाड़ लकदक मैदानों में बारिश से चहकी फसल अजीत समाचार के मुताबिक हिमपात से शिमला में जनजीवन थमा

जसवां परागपुर में खुलेंगे लोकनिर्माण और आईपीएच के नए मंडल शीर्षक से खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है सवारियां कम खर्च ज्यादा बंद होगी हेलीटैक्सी सेवा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है घाटे के सौदे से हाथ खींचेगी जयराम सरकार अमर उजाला की एक अन्य खबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मंडी जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार मनी लॉड्रिंग मामले पर आपका फैसला ने लिखा है पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को इन्फेक्शन कोर्ट में नहीं हुए पेश अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय बीहड़ में बीबीएन में सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बददी बरोटीबाला नालागढ़ में बढ़ती आपराधिक वारदातों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बीबीएन की औद्योगिक कांति को हमने बीहड़ बना दिया और आज हालत यह है कि हर कोई हिमाचल के इस क्षेत्र को शक की निगाह से देखता है हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि बिलासपुर में एम्स के भूमि पूजन के बाद अगर सभी कार्य सही ढंग से पूरे होते हैं तो निश्चित तौर पर हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को पंख लगेंगे